भाजपा कार्यसमिति की बैठक शिमला में शुरू प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शिमला फेस्ट कल से होगा शुरू राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे शुभारम्भ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ईमारतों और अन्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए प्रदेश के सभी प्रमुख परिसरों में आवासीय अभियंता की तैनाती करेगी शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि उपयोग योजना और मास्टर प्लान तैयार करने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि तूफान जल निकासी केबल तारों और पाईपों की समुचित व्यवस्था व सड़कों का उचित स्थिरीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जयराम ठाकुर ने सड़कों और पुलों के निर्माण में ग्णवत्ता का ध्यान रखने व सतलूज ब्यास रावी सहित यमूना बेसिन के लिए मास्टर प्लान विकसित करने पर भी बल दिया इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के लिए फेसबुक और ट्वीटर की शुरूआत भी की जयराम ठाकुर ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के संदर्भ में फेसबुक और टवीटर आम जनता को मुख्यमंत्री कार्यालय में किसी भी निम्नस्तरीय निर्माण कार्यो के संबंध में सीधे अपनी शिकायतों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कृंड् ने बिलासपुर मण्डी कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में मुख्यमंत्री कार्यालय की गुणवत्ता नियंत्रण टीम के दौरे की प्रस्तुति दी

महेंद्र सिंह सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में सेना भर्ती के लिए राज्य स्तरीय अकादमी स्थापित की जाएगी शिमला में सैन्य और सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने ये जानकारी दी महेन्द्र सिंह ठाक्र ने कहा कि अकादमी का उद्देश्य भारतीय सेना में प्रदेश से अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित बनाना और राज्य से सेना में अधिकारियों की संख्या को बढ़ाना है उन्होंने कहा कि अकादमी द्वारा गरीब व ग्रामीण परिवेश के पढ़े लिखे युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित व तैयार किया जाएगा महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि अकादमी में युवाओं को योग्यता के मुताबिक सिपाही से लेकर एसएसबी तक की कोचिंग की सुविधा उपलब्ध होगी इस अवसर पर सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव आर एन बत्ता ने कहा कि अकादमी खोलने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएंगी संसदीय संघ शिमला स्थित प्रदेश विधानसभा परिसर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का पहली बार आयोजन हो रहा है

उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सम्मेलन का शुभारम्भ करेंगी विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ई विधान प्रणाली पर चर्चा के अलावा इस दौरान नशा मुक्त समाज और लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने पर भी चर्चा की जाएगी

इस दौरान एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गो के कल्याण के लिए समर्पित है बिक्रम ठाक्र ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण योजनाए शुरू की हैं उद्योगमंत्री ने कहा कि रक्कड़ में बनने वाले फार्मेसी कॉलेज भवन का प्रारूप तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि चनौर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा

इस मौके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पहले दिन पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का शुभारम्भ किया इसकी अध्यक्षता करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि अटल जी का देहावसान देश व प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है बैठक में अल्पकालीन विस्तारक योजना काव्यांजलि कार्यक्रमों की समीक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद शांता कुमार ने भी बैठक को सम्बोधित किया सांसद वीरेन्द्र कश्यप अनुराग ठाकुर और रामस्वरूप शर्मा भी इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे बधाई कल्लू जिले के मौहल गांव की लैफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्वाल को आईएनएसवी तारिणी के महिला दल के साथ समुद्र के रास्ते पूरे विश्व की परिक्रमा करने पर तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिभा जम्वाल को इस प्रस्कार के लिए चयनित किए जाने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और साहसिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है

इस बीच मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले की प्राथमिक पाठशाला नंद और सिरमौर जिले की माध्यमिक पाठशाला धमून के शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है

उपायुक्त अमित कश्यप ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत फेस्ट का शुभारंभ करेंगे उन्होंने कहा कि कार्यक्रम साय साढ़े चार बजे से शुरू होकर रात दस बजे तक चलेगा और इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे

सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में आज सांसद स्वास्थ्य सेवा शिविर में ये जानकारी दी

इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर भी मौजूद रहे और उन्होंने सांसद मोबाईल स्वास्थ्य सेवा वाहन को शुरू करने के लिए अनुराग ठाकुर की सराहना की

गोविंद ठाकुर परिवहन और यवा सेवाएं व खेलमंत्री गोविंद ठाकर ने कहा है कि सिरमौर जिले के बड़ साहिब खेल स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार धनराशि मुहैया करवाएगी

गोविंद ठाकर ने कहा कि प्रदेश सरकार हैंडबॉल खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों के श्रभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाडियों को अपने प्रदेश की संस्कृति वेशभूषा और रहन सहन के आदान प्रदान का मौका मिलता है शहीद कारगिल में मांउट नुन एक्सपीडिशन के दौरान ग्लेशियर की चपेट में आने से शहीद हुए डोगरा रेजिमेंट के जवान रिगजिन दोरजे की पार्थिव देह कल हैलीकॉप्टर के माध्यम से काजा पहचाई जाएगी वे स्पिति घाटी के चिचिम गांव के रहने वाले थे शहीद रिगजिन दोरजे के पार्थिव शरीर को पहले लेह से वायुसेना के हैलीकॉप्टर में चंडीगढ़ लाया जाएगा उसके बाद काजा पुहंचाया जाएगा काजा के एडी एम बिक्रम नेगी ने बताया कि शहीद सैनिक का राजकीय सम्मान के साथ शुक्रवार को उनके पैतक गांव चिचिम में बौद्ध परम्परा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा रिगजिन दोरजे की शहादत की खबर मिलने से स्पिति घाटी में शोक की लहर है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि देश ने रिगजिन के रूप में एक जांबाज सैनिक को खो दिया है और उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं

घायलों को उपचार के लिए चम्बा मैडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है

बैंक के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान बैंक के लेखा जोखा व अंकेक्षण पत्रों सहित अन्य सम्बंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी

विजिलैंस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है एसपी विजिलैंस विमल गुप्ता ने बताया कि उसे कल अदालत में पेश किया जाएगा